राज्य सरकार ने पटना नगर निगम क्षेत्र में एक जनवरी दो हजार इक्कीस से डीजल से चलने वाले ऑटोरिक्शा पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है वहीं एक अप्रैल दो हजार इक्कीस से दानापुर फुलवारीशरीफ और खगौल नगर परिषद् क्षेत्रों में डीजल वाले ऑटोरिक्शा के परिचालन पर रोक लगायी जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि इन ऑटोरिक्शा के परमिट धारकों के लिये बिहार स्वच्छ ईंधन योजना को मंजूरी दी गयी है उन्होंने बताया कि इसके तहत डीजल ऑटोरिक्शा के इंजन को सीएनजी और बैटरी से चलने लायक बनाया जायेगा

यदि वो इलेक्ट्रीक वाहन या बैटरी चालित वाहन लेते हैं तो पच्चीस हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा यदि वे पेट्रोल वाली गाडी है तो उसमें सीएनजी कीट लग सकती है तो सीएनजी कीट लगेगा तो उनके बीस हजार रूपये अनुदान दिया जायेगा और टैक्सी चलती है मोटर कैब चलती है उनके लिये सीएनजी कीट लगाते हैं तो उनको बीस हजार रूपये दिया जायेगा इसके साथ ही कैबिनेट ने पटना दानापुर फुलवारीशरीफ और खगौल नगर निकायों में पंद्रह वर्ष से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने को भी मंजूरी दे दी है उच्चतम न्यायालय ने किसानों द्वारा फसल अवशेष जलाये जाने से हो रहे प्रद्षण पर राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगायी है न्यायमूर्ति अरूण मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य की सरकारों से प्रछा है कि वे क्यों नहीं किसानों से फसल अवशेष खरीदती है पीठ ने कहा कि प्रद्रषण आम लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है और इसके लिये सरकारों को जवाबदेह बनाना चाहिए न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि अधिकारी आम लोगों की परवाह नहीं करते हैं तो उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है पटना गया और मुजफ्फरपुर शहर में वायू प्रदूषण की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार पटना का वायु गुणवत्ता सूचकांक आज तीन सौ के ऊपर बना रहा जो अत्यंत खराब श्रेणी का माना जाता है प्रदूषण का यह स्तर लगातार बने रहने से लोगों को सांस संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं वहीं मुजफ्फरपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक दो सौ अठासी और गया में दो सौ छत्तीस रिकार्ड किया गया इसे वायु गुणवत्ता के मामले में खराब श्रेणी का माना जाता है केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने बहुचर्चित नवरूणा हत्याकांड मामले में सुराग देने वालों को दस लाख रूपये इनाम देने की घोषणा की है ब्यूरो ने इस संबंध में मुजफ्फरपुर में विभिन्न जगहों पर पोस्टर चिपकाये हैं लोगों से इस मामले को सुलझाने में मदद करने की अपील की गयी है गौरतलब है कि वर्ष दो हजार बारह में नवरूणा का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गयी थी इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी सरकार लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है श्री कुमार आज समस्तीपुर के सरायरंजन प्रखंड के नरघोघी में श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि तीन साल में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा श्री कुमार ने कहा कि यहां पांच सौ बेड वाले अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण होगा जिससे आसपास के जिलों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी समारोह को विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और स्थानीय सांसद प्रिंस राज ने भी संबोधित किया मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण पर लगभग पांच सौ बानवे करोड़ रूपये खर्च होंगे पटना हाईकोर्ट में स्टाम्प रिपोर्टिंग की सीबीआई की जांच के आदेश पर अब आठ नवम्बर को सुनवाई होगी अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति ने न्यायमूर्ति राकेश कुमार द्वारा इस संबंध में सीबीआई जांच के दिये गये आदेश को चुनौती दी है मूजफ्फरपूर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर में चढ़ाये गये फूल और बेलपत्र से जैविक खाद तैयार किया जायेगा इस संबंध में मंदिर प्रशासन और राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है मंदिर न्यास समिति के सचिव एनके सिन्हा ने बताया कि मंदिर में प्रतिवर्ष तीन सौ पैंसठ क्विंटल से अधिक फूल बेलपत्र और केले की तना चढ़ावे के रूप में जमा होता है उन्होंने बताया कि इस अवशिष्ट के बेहतर उपयोग के लिये विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ समझौता किया गया है इसके तहत खाद को तैयार करने और इसकी बिक्री का जिम्मा विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा खाद के पैकेट पर गरीबनाथ मंदिर के अवशिष्ट का जिक्र होगा प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए स्र्यप्रकाश ने कहा है कि मीडिया को जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में काम करने पर ध्यान देना चाहिए आज कोलकाता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मीडिया कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया को शौचालय पीने के साफ पानी परिवहन और गैस कनेक्शन जैसी आम लोगों की ब्रनियादी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए उन्होंने कहा कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने में विज्ञान और तकनीक की अहम भूमिका है

नये भारत के निर्माण में हमारी आकांक्षा के संदर्भ में यह और भी आवश्यक है मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सम्मेलन में अलग अलग परिप्रेक्ष्य से भारत ही नहीं न बल्कि अन्य देशों के प्रतिनिधि भी आए हैं डॉ सूर्य प्रकाश ने कहा कि सरकारी योजनाएं लोगों तक किस तरह पहुंच रही हैं इसका अध्ययन भी मीडिया को गहराई से करना चाहिए उन्होंने लोगों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने की जरूरत पर भी जोर दिया गोपालगंज के पूर्व सांसद पूर्णमासी राम ने राष्ट्रीय जनसंघर्ष पार्टी नामक नई पार्टी बनाने की घोषणा की है आज बेतिया में पार्टी गठन की घोषणा के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करना उनकी पार्टी का मूल उद्देश्य है पटना के गांधी मैदान में शुक्रवार से सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट की ओर से प्रस्तक मेला का आयोजन किया गया है यह मेला अठारह नवम्बर तक चलेगा मेले के संयोजक अमित झा ने बताया कि मेले में विभिन्न भाषाओं के एक सौ दस प्रकाशक अपने स्टॉल लगायेंगे इस बार पुस्तक मेले का थीम पेड़ पानी और जिंदगी है पूरे प्रदेश में आज अक्षय नवमी का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा के बाद वहीं भोजन बनाने और ग्रहण करने की प्रथा है हमारे बेगूसराय संवाददाता ने बताया है कि सिमरिया घाट पर कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं ने अक्षय नवमी पर आंवला वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना और दान पुण्य कर प्रसाद ग्रहण किया जमुई जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सतायन हाईस्कूल के पास अपराधियों ने एक कपड़ा व्यवसायी की हत्या कर दी हत्या से आक्रोशित लोगों ने जमुई लखीसराय मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया बेगूसराय जिले के नया गांव से पूलिस ने कुख्यात अपराधी विकास कुमार को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधी की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी वहीं जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में चार वाहनों से दो सौ कार्टन से अधिक शराब बरामद की गयी है बक्सर जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र में अपराधियों ने हथियार के बल पर एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से पांच लाख रूपये लूट लिये

सारण के सिविल सर्जन डॉक्टर माधवेश्वर झा ने जिले के पंद्रह चिकित्सा पदाधिकारियों के नवम्बर माह के वेतन भूगतान पर रोक लगा दी है सिविल सर्जन ने बताया कि इन पदाधिकारियों पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों का गोल्डन कार्ड बनाने में लापरवाही बरतने के आरोप में ये कार्रवाई की गयी है कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के मछनहटा गांव में करंट लगने से एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र के अलीपूर में नदी में नहाने के दौरान ड्बने से एक बच्चे की मौत हो गयी पटना जिले के खीरीमोड़ थाना क्षेत्र से एसटीएफ ने कुख्यात नक्सली धर्मवीर यादव को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी